राज्य सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीदी बाड़ी योजना के तहत छह माह में पांच लाख परिवारों को जोड़ने का रखा लक्ष्य पिछले चौबीस घंटे में राज्य में पांच सौ बयालीस कोरोना के नये संक्रमित मिले अब तक अट्ठासी हजार पांच सौ उनसठ मरीज हुए स्वस्थ झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कंपार्टमेंटल परीक्षा का जारी किया कार्यकम इंटर की छह और मैट्रिक की परीक्षा नौ नवंबर से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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड महामारी और इसके उपचार से सम्बंधित टीके की आपूर्ति वितरण और अन्य तैयारियों की समीक्षा की श्री मोदी ने कहा कि देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है भारत में विशेष रूप से तीन टीकों के परीक्षण का काम प्रगति पर है इनमें से दो टीकों का परीक्षण दुसरे तथा एक का तीसरे चरण में है भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता अफगानिस्तान भूटान बांग्लादेश मालदीव मॉरिशस नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जारी अनुसंधान कार्य में सहयोग कर रहे हैं बांग्लादेश म्यांमार कतर और भूटान ने भी अपने यहां नैदानिक परीक्षण किए जाने का अनुरोध किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रयास केवल अपने पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बलकि हमारा प्रयास पूरे विश्व के लिए होना चाहिए वैक्सीन और औषधि का निर्माण तथा उनकी आपूर्ति पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से की जानी चाहिए

प्रधानमंत्री ने देश की व्यापक भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश में टीका उपलब्ध कराने के उपाय करने का भी निर्देश दिया

रूस ने इस टीके को विकसित किया है और इस पर वहां पहले और दूसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किया जा चुका है भारत में इसका नैदानिक परीक्षण कई केंद्रों और कई स्तरों पर किया जाएगा जिसमें इसके सुरक्षित होने और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे

तीन दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी

इस वर्ष की बैठक का आयोजन विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशेन के साथ मिलकर किया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे सम्बोधित करेंगे राज्य सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीदी बाड़ी योजना के तहत अगले छह माह में पांच लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है वहीं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चल रहे अभियान के पैंतीस दिनों में डेढ़ करोड़ मानव दिवस श्रृजन करने का भी लक्ष्य रखा गया है ग्रामीण विकास विभाग सचिव अराधना पटनायक ने बताया कि राज्य में ग्रामीण अपनी पोषक वाटिका का निर्माण खुद करेंगे और उन्हें काम के एवज में मनरेगा के मद से राशि का भुगतान किया जायेगा वहीं सब्जी पपीता केला और अन्य पौधों पर होने वाले खर्च का वहन राज्य आजीविका मिशन करेगा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों और उच्चंतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ढांचे में सुधार संबंधी अपने कोष का पुनर्गठन कर रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय विश्विविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए बुनियादी सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार करने में सहायता प्रदान करता है मंत्रालय ने कहा है कि स्टार्टअप्स और उद्योग इन संस्थाओं में अपने लिए अपेक्षित अनुसंधान तथा विकास प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास के लिए आवश्यक परीक्षण तथा प्रयोग कर सकेंगे मंत्रालय ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्यं हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम को नया रूप दिया जा रहा है

न्यायमूर्ति एचसी मिश्रा की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रतिवादियों द्वारा दायर पूरक शपथ पत्र को देखा जेपीएससी की दलील को सही बताते हुए विश्वविद्यालय पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया विश्वविद्यालय जुर्माना की राशि प्रार्थी को भुगतान करेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देवघर में आयेजित एक कार्यक्रम में कहा कि झारखंड के खनिज से दूसरे राज्यों को फायदा पहुंचाया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य का सारा खनिज बाहर जा रहा है लेकिन केन्द्र सरकार झारखंड के हक का पैसा नहीं दे रही है उन्होंने केन्द्र सरकार को आर्थिक नाकेबंदी की भी चेतावनी दी और कहा कि झारखंडियों की सहनशीलता और सीधेपन का फायदा नहीं उठाया जाए

नये कृषि सुधार कानून के सैधांतिक विरोध के बीच सरकार ने राज्य के अधिक से अधिक किसानों से एमएसपी पर धान खरीदने का निर्णय लिया है राज्य सरकार एमएसपी के अलावा प्रति क्वींटल एक सौ बत्तीस रूपये का बोनस भी देगी इस वर्ष साढ़े चार लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि पिछले वर्ष यह लक्ष्य तीन लाख टन था राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के पांच सौ बयालीस नये संक्रमित मरीज मिले वहीं पांच सौ एक मरीज स्वस्थ्य भी हुए राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितो की संख्या बढ़कर पंचानवें हजार नौ सौ सड़सठ हो गई है वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अटठासी हजार पांच सौ उनसठ है राज्य में अब तक आठ सौ बत्तीस संक्रमितों की मौत हो चुकी है वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या छह हजार पांच सौ छिहत्तर हैं कल बीस हजार नौ सौ बावन सैंपल की जांच की गई इधर कोरोना से संक्रमित शिक्षामंत्री जगरनाथ महतो के स्वास्थ का कल मेडिकल टीम द्वारा आंकलन किया गया डॉक्टरों की टीम ने उनका फेफड़ा ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी है आज चेन्नई से डाक्टरों की टीम उनके स्वास्थ का जायजा लेने के लिए रांची पहुंचेगी जामताड़ा जिले में कोरोना टेस्टिंग ड्राइव लगातार जारी है

जिसमें एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है

गोड्डा सिविल सर्जन डॉ एस पी मिश्रा ने बताया कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है जिले वासियों से अपील की गई है कि दुर्गा पूजा उत्सव में भीड़ का हिस्सा नहीं बने जागरूकता से ही कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है

इंटर की परीक्षा छह और मैट्रिक की नौ नवंबर से शुरू होगी वहीं प्रायोगिक परीक्षा छब्बीस से अठाईस नवंबर के बीच ली जायेगी जैक द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार मध्यमा मदरसा और इंटरमीडियट वोकेशनल की परीक्षा अठाईस अक्टूबर से शुरू होगी रामगढ़ जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय में मासिक इ लोक अदालत का आयोजन किया गया

साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड के लखीपुर गांव में आदिवासी किशोरी की हत्या मामले में कल पीड़ित परिवार से भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने मुलाकात की उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वे संसद में उठाएंगे आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है मां ब्रम्हचारिणी की आज पूजा अर्चना की जा रही है राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखी गयी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिरों में एक एक करके श्रद्दालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दी जा रही है

रबीउल अव्वल महीने का चांद कल नजर नहीं आया यह ऐलान कल एदारा ए सरिया की बैठक में हुआ सरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि कल कहीं से भी चांद दिखने की सूचना नहीं मिली है आज अब्रधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइटराइडर्स से होगा जबकि दुबई में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स इलेवन पंजाब से होगा इससे पहले कल आईपीएल क्रिकेट में शिखर धवन के शतक और अक्षर पटेल के मैच के आखिरी ओवर में तीन छक्कों की मदद से डेल्ही कैपिटल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स को पांच विकेट से हरा दिया

आईपीएल में यह उनका पहला शतक है उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया

अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज राजधानी रांची से प्रकाशित होनेवाले अधिकतर समाचार पत्रों ने राज्य के खाते से डीवीसी की बकाया राशि काटे जाने की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर सुर्खिया बनायी है दैनिक हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने भी मुख्यमंत्री के देवघर दौरे के कार्यक्रम की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जिसमें सुर्खिया हैं कि नहीं मिल रहा है झारखंड को उसका हक हम भीख नहीं मांगेंगे छीनकर लेंगे अधिकार दैनिक जागरण ने कोरोना वैक्सीन के वितरण की खबर प्रधानमंत्री ने पुख्ता तैयारी के दिये निर्देश वैक्सीन वितरण में हो चुनाव जैसे प्रबंध को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है वहीं दैनिक भास्कर ने भी दिसंबर तक वैक्सीन के तीस करोड़ डोज बना लेंगे खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने देवघर नगर निगम के भवन का उद्घाटन और शहरी जलापूर्ति योजना के शिलान्यास की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है हिंदुस्तान टाइम्स ने भी चुनाव और आपदा राहत प्रबंधन की तर्ज पर कोरोना वैक्सीन वितरण की खबर को पहले पन्ने प्रमुखता से लिया है